भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने भारतीय पैनोरमा की शुरूआत मलयालम फिल्म ओलू से हुई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कल सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भारत की परिक्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है और भारतीय कौशल तथा पेशेकरों की मांग पूरी दुनिया में है

सिड़नी में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के संबंध को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना और इनसे होने वाले जन धन के नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है श्री योगी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुखा नियमों के पालन की व्यक्स्था हर हाल में सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया श्री योगी ने कहा की सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय करते समय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेतरतीब खड़े ट्रक और अन्य मोटर गाड़ियां हादसे की बड़ी कजह हैं इन वाहनों की सड़क पर पार्किंग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाय उन्होंने कहा कि हाइवे तथा सड़क बनाते समय रेस्टोरेन्ट और ढाबों के लिए सड़क से हटकर स्थान सुरक्षित किया जाना चाहिए उन्होंने लोक निर्माण विषाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य एजेंसियों से दुर्घटना सम्मावित क्षेत्रों में सड़क हादसे रोकने के लिए जुरूरी कदम उठाने को कहा से से सुचना और प्रसारण सचिव अभित खरे ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा का कल उद्घाटन किया इसकी शुरूआत शाजी कारून निर्देशित मलयालम फिल्म ओलू और आदित्य सुहास झम्बाले की मराठी लघू फिल्म खरवास से हुई इस खंड में छब्बीस फीचर फिल्में और इक्कीस गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल गोवा के पणजी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया सेल्युलॉइड पर महात्मा नाम से इस प्रदर्शनी में दर्शकों को डिजिटल अनुमव प्राप्त होगा और वे गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जान सकेंगे इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अमिलेखागार ने सुचना और प्रसारण मंत्रालय के लोकसम्पर्क व्यूरो और संचार विभाग के साथ मिलकर किया है श्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल पणजी के निकट गोवा इंटरनेशनल सेंटर में सामुदायिक रेडियो की जागरूकता के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई इसके उद्घाटन अवसर पर मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंजु निगम ने कहा कि सामुदायिक रेडियो एक ऐसा मंच है जो उन लोगों को आपस में जोड़ता है जिनकी आवाज मुख्यघारा की मीडिया में सुनाई नहीं देती राज्य सरकार ने अड़सठ हजार पाँच सौ शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में विशेष अपील दायर करके इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को चुनौती दी है सरकार ने इस मामले में एकल पीठ द्वारा सी बीआई जाँच के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की है कि इस आदेश र्क रद्द किया जाये

गौरतलब है कि एकल पीठ ने पिछली एक नवम्बर को आदेश दिया था कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से करायी जाये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के पचासवें संस्करण में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं प्रघानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के उन्तीसर्वे संस्करण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर अपने विचार साझा किए थे पिछले साल फरवरी में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अब एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं बल्कि एक सामाजिक और शिक्षा से जुड़ा जनआंदोलन बन गया है

आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है यह एक सामाजिक संवेदना का लोक शिक्षा का अभियान बन गया है विगत दो वर्षो के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है देश के प्रत्येक कोने में इस प्वलंत मूरे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चले आ रहे पूराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है जब ये समाचार मिलते है कि बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया गया इतना आनंद आता है पूरा आंदोलन जन आंदोलन बना है नई नई कल्पनाएं उसके साथ जुड़ी है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसको मोझ गया है मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूं आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम के लागू होने के बाद से लिंगानूपात में सुधार हुआ है और इस कार्यक्रम को हर जिले में लागू किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हरियाणा में दो हजार पन्द्रह में शुरू किया गया था और अभी तक इसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं हरियाणा राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेश्यो काफी घट गया था पिछले तीन वर्षो में प्रति एक हजार लड़को पर लड़कियों की संख्या बड़कर अब नौ सौ अट्ठाईस हो गयी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार मेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिक से सुझाव सीधे प्रघानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं रामपूर में बीती रात मुरादाबाद से बरेली जा रही खाली कोच ट्रेन के सात डिबे पलट गये कोच खाली होने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन ट्रेन बूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी धमौरा रेलवे स्टेशन के पास दुगनपुर गांव में हुए हादसे में ट्रेन के साथ पूरा ट्रैक और बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गयी तत्काल सुचना पाकर बरेली और मुरादाबाद की रेसक्यू टीम एआरटी और एसपी रामपुर व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और बचाव कार्य शुरू किया गया

रेल ट्रैक बाधित होने से रेल संवालन पूर्णतया बंद कर दिया गया बताया जा रहा है कि रात में करीब साढ़े ग्यारह बजे खाली कोच ट्रेन के ग्यारह डिब्बों मे से से सात डिब्बे पूरी तरह पलट गये खाली कोच होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है दिल्ली से बरेली और लखनउ रूट पर रेल संचालन रोक दिया गया है मौके पर पहुंचे एडीआरएम शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने फिलहाल पटरी चटकने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी कल प्रदेश भर में श्रद्वापूर्वक मनाया गया इस मौके पर पैगम्बर मोहम्मद साहब की जिन्दगी और उनकी शिक्षाओं को उजागर करने के लिए महफ़िल ए मीलाद और विक्वि कार्यक्रमों के आयोजन किए गये राजधानी लखनऊ में मद्ह ए सहाबा का पारम्परिक जुलूस नगर के ऐतिहासिक झण्डेवाले पार्क से निकाला गया जो मौलवीगंज रकाबगंज नख्खास और हैदरगंज होते हुए ऐशबाग स्थित ईदगाह पहुँचकर एक सभा में परिवर्तित हो गया इस दौरान धर्मगुरूओं और इस्लामी विद्वानों ने हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के साथ साथ उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला इन विद्वानों ने कहा कि उनकी शिक्षायें आज भी प्रासंगिक हैं